राज्य में संक्रमित लोगों के ठीक होने की दर बयालीस प्रतिशत पहुंची

संक्रमित लोगों के ठीक होने की दर बयालीस प्रतिशत तक पहंच गई है

प्रवासी मजदूरों को जिला मुख्यालयों पर क्वारंटीन में रखा गया है हालांकि राज्य में तीन सौ इक्कीस संक्रमित लोग ठीक हो गए हैं और पांच लोगों की इस बीमारी से मौत हो गई है राज्य में चार सौ तिरपन लोगों का विभिन्न अस्पतालों और क्वारेंटीन सेंटर में इलाज चल रहा है राज्य में कल तिरेपन नये मरीज मिले

उधर कोडरमा जिले में एक और कोरोना पोजेटिव मामले की पुष्टि हुई है कोरोना संक्रमित व्यक्ति डोमचांच प्रखंड के ढाब रोड का रहने वाला है पिछले दिनों वह महाराष्ट्र से लौटा था जिसके बाद उसे डोमचांच के क्वारेंटीन सेंटर में रखा गया था

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड महामारी के बीच नाक कान और गला सुरक्षित रखने के दिशा निर्देश जारी किये हैं

दिशा निर्देशों के अनुसार नाक कान और गले की ओपीडी में आने वाले सभी रोगियों के तापमान की जांच की जाएगी

ओपीडी के प्रवेश द्ववार पर रोगियों का प्रवेश संचालित किया जाएगा मास्क हाथों की सफाई और सामाजिक दृरी सुनिश्चित कराई जाएगी दिशा निर्देशों में यह भी सलाह दी गई है कि रोगी टेलीफोन के माध्यम से भी डॉक्टरों से सलाह ले सकते हैं और जरूरत पड़ने पर ही रोगी को स्वयं मौजूद होने की सलाह दी जाएगी

रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ ने कोविड संक्रमण में काम करने के लिए आरामदायक पीपीई किट का निर्माण किया है संगठन ने सुमेरू पीएसीएस के साथ मिलकर इसका विकास किया है

इसे पहनने पर पसीना आता था जिससे काम करने में असुविधा होती थी लेकिन इस समस्या का पता चलने पर डीआरडीओ ने आरामदायक पीपीई किट तैयार किया

नयी प्रणाली से डॉक्टरों और दूसरे चिकित्साकर्मियों को कमरे के भीतर छह घंटे काम करने पर भी परेशानी नहीं होती

श्रमिकों की प्रारंभिक जाँच और होम कोरेंटाइन के लिए उनका निबंधन किया गया उधर गढ़वा जिले में बड़ी संख्या में श्रमिकों के वापस लौटने के बाद जिला प्रशासन उनके स्वास्थ्य जांच के बाद अब उनको रोजगार से जोडने की कवायद शुरू कर दी है इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने मनरेगा के माध्यम से संचालित होनेवाली पानी रोको पौधा रोपो कार्यक्रम पर बल दिया है राज्य सरकार की इस योजना से जिले की सभी पंचायतों में मजदूरों को काम दिया जा रहा है जंगल और नदी नालों से भरपूर गढवा जिले के लिये पानी रोको पौधा रोपो कार्यक्रम काफी अनुकूल साबित हो रहा है अंडमान में फंसे राज्य के लगभग एक सौ अस्सी श्रमिकों को आज चार्टर प्लेन से रांची लाया जायेगा राज्य सरकार द्वारा इसकी तैयारी पूरी की जा चुकी है सरकार द्वारा प्रवासी मजदूरों को लाने के लिए यह पांचवां एयर लिफ्ट किया जायेगा इसके पूर्व भी पोर्ट प्लेयर से एक सौ अस्सी मुंबई से दो बार और लेह से एक बार प्रवासी लोगों और श्रमिकों को एयर लिफ्ट कराकर झारखंड लाया जा चुका है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा प्रवासी मजदूरों को वापस लाने के अभियान में अब सरकार के साथ साथ निजी कंपनियां भी आगे आ रही हैं मुख्यमंत्री ने निजी कंपनियों प्रंजीपतियों से मजदूरों को वापस लाने मे यथासंभव सहयोग का आह्वाहन भी किया था मुख्यमंत्री के अथक प्रयासों से प्रेरणा लेते हुए दिल्ली की एक कंपनी दिल्ली इन्टरलिंक फूड प्राईवेट लिमिटेड ने सेवाभाव दिखाते हुए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में फंसे मजदूरों को वापस झारखंड लाने के लिये हाथ बढ़ाया है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

मनरेगा योजना में गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों और अनुबंध कर्मियों पर डीसी द्वारा की गई इस बड़ी कार्रवाई से जिले में हड़कंप मच गया है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिषन के साथ वर्चुअल षिखर बैठक में कहा कि दोनों देषों के लिए चनौतियों को संभावनाओं में बदलने का यह अच्छा समय है प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार निवेष और अन्य क्षेत्रों में सहयोग के लिए तैयार है

दोनों देषों के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस महामारी से संघर्ष में समन्वित प्रयास जरूरी है ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की इस वर्ष भारत यात्रा की तारीखें तय की जा चुकी थीं लेकिन यह यात्रा संभव नहीं हो सकी ऐसे में दोनों देशों ने वर्च्अल शिखर बैठक आयोजित करने का फैसला किया यह पहला अवसर है जब प्रधानमंत्री कोई द्विपक्षीय वर्चुअल शिखर बैठक आयोजित कर रहे हैं उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के डीआईजी अमोल वी होमकर चतरा में जिले के पुलिस पदाधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में योगदान देने के बाद डीआईजी पहली बार चतरा पहुंचे थे बैठक में डीआइजी ने पुलिस पदाधिकारियों से परिचय प्राप्त करने के बाद क्राइम की समीक्षा की इस मौके पर डीआईजी ने पुलिस पदाधिकारियों को नक्सलियों के विरुद्ध अभियान में तेजी लाने का निर्देश दिया उन्होंने कहा कि जिले में कहीं से भी किसी भी उग्रवादी संगठन की गतिविधियों की सूचना प्राप्त होती है तो अविलंब टीम गठित कर कार्रवाई करें जिला पुलिस व सीआरपीएफ आपस में समन्वय स्थापित कर उग्रवादियों के विरुद्ध नियमित रूप से अभियान चलाएं जिले के टंडवा में संचालित कोल परियोजनाओं में सुरक्षा व्यवस्था पर भी चर्चा हुई कोल परियोजनाओं के संचालन में विधि व्यवस्था बनाए रखने का निर्देश दिया गया इसके बाद अफीम तस्करों पर चर्चा हई डीआईजी ने अफीम तस्करों के विरुद्ध भी अभियान चलाने का निर्देश दिया बैठक में एसपी ऋषम कुमार झा सीआरपीएफ के कमांडेंट पीके बासन एएसपी निगम प्रसाद डीएसपी वरुण देवगम एसडीपीओ वरुण रजक के अलावा टंडवा व सिमरिया के एसडीपीओ भी उपस्थित थे हजारीबाग प्रक्षेत्र के पुलिस उपमहानिरीक्षक अमोल वी होमकर ने एसपी कार्तिक एस के प्रयास से दो नए इनीशिएटिव हेलो पुलिस और रेनबो रिपोर्ट का अनावरण किया सूचना भवन सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में उपायुक्त डॉ भुवनेश प्रताप सिंह मौजूद रहे इस अवसर पर डीआईजी श्री होमकर ने कहा कि नए इनीशिएटिव से एक तरफ जहां पुलिस पारदर्शी होगी वही लोगों को भी लाभ मिलेगा लोग थानों में दिए गए आवेदन के बारे में की गई कार्रवाई की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे डीआईजी ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री एवं राज्य के पुलिस महानिदेशक की सोच नागरिक को केंद्र में रखकर पुलिसिंग की व्यवस्था है गुमला जिले के किसान इस बार मौसम की मार झेल रहे हैं खराब मौसम के कारण आम उत्पादकों में निराषा छायी है

रिम्स प्रबंधन ने कल इससे संबंधित प्रस्ताव स्वास्थ्य मंत्री को सौंप दिया है रिम्स के निदेषक डॉ बीके सिंह ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग अब इस प्रस्ताव को कैबिनेट में रखेगा और वहां से स्वीकृति मिलने के बाद विधानसभा से पास कराया जायेगा इससे पहले रिम्स निदेषक ने बीते सोमवार राज्यपाल से मुलाकात कर प्रस्ताव से संबंधित कॉपी सौंपी थी स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया कि मेडिकल युनिवर्सिटी बनने से स्वास्थ्य के क्षेत्र में राज्यभर में रिम्स मील का पत्थर साबित होगा राज्य के विद्यार्थी अपनी ही यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर सकेंगे

सर गंगाराम अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी परिचर्चा में भाग लेंगे श्रोता स्टूडियो में सीधे फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी की टीम ने आज पथरौल थाना के सहायक अवर निरीक्षक शंभु यादव को दो हजार रुपये रिष्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया एक मामले में रिष्वत लेने की षिकायत मिलने पर एसीबी ने मामले के सत्यापन के बाद आरोप को सही पाया और एसीबी की टीम ने योजनाबद्व से सहायक अवर निरीक्षक को दो हजार रुपये घुस लेते रंगे हाथ गिरफतार कर पुछताछ के लिए अपने साथ द्मका ले गयी

बैठक में खेल नीति के प्रस्ताव पर सबों का सुझाव लिया गया

जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र के मोतिलेदा जंगल में बडे पैमाने पर सखुआ पेड काटे जा रहे हैं गिरिडीह के डीएफओ राजक्मार ने इस सम्बंध में पूछे जाने पर कहा कि ग्रामीणों ने कुछ पेड अपने उपयोग के लिए काटे हैं ग्रामीणों को चिन्हित कर उनके विरुद्व मुकदमा दर्ज किया गया है